कायाकल्प दस्तक और निरोगीकाया अभियान में प्रदेश के अस्पतालों का उल्लेखनीय प्रदर्शन इंदौर में शुरू हुआ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अंगदान के लिए होगा अलग फ्लोर

जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज छह वर्ष पूरे हो गये हैं

योजना के लगभग आठ करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है योजना की छठी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और यह गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है स्वास्थ पुरस्कार केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले कायाकल्प अवार्ड दस्तक अभियान और निरोगी काया अभियान में प्रदेश के अस्पतालों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवार्ड प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया उन्होंने कायाकल्प अभियान में अवार्ड प्राप्त करने के लिए जिला चिकित्सालय सिवनी भिण्ड बैतूल अनूपपुर सिविल अस्पताल एल्गिन जबलपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन को बधाई दी इसी प्रकार दस्तक अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदौर एवं रीवा संभाग तथा सीधी सीहोर सिवनी एवं धार जिलों को बधाई दी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निरोगी काया अवार्ड के लिए नर्मदापुरम संभाग तथा रायसेन होशंगाबाद एवं बड़वानी जिलों की सराहना की तथा बधाई दी अनूपप्र जिले को कायाकल्प प्रूस्कार अंतर्गत सबसे तेज गति से सुधार कार्यों के लिए प्रुष्कृत किया गया

कायाकल्प अभियान में सिवनी जिला चिकित्सालय को प्रदेश में पहला स्थान मिला है

मुरैना के कैलारस व अंबाह चिकित्सालय को मरीजों को बेहतर सुविधाएं के चलते उत्कृष्ट पुरूस्कार दिया गया निरोगी काया अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने पर नर्मदापुरम संभाग को पहला स्थान और होशंगाबाद जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जबलपुर के रानी दूर्गावती महिला अस्पताल ने सिविल अस्पताल की श्रेणी में कायाकल्प अवार्ड में पूरे प्रदेश में लगातार चौथी बार बाजी मारी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में पाटन स्वास्थ्य केंद्र अव्वल रहा है

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद हालांकि कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षा रद्द किये जाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार का निर्णय प्रभावी होगा महाधिवक्ता तुषार मेहता ने यूजीसी की ओर से कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रारंभ करने के वास्ते छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया है यूजीसी ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा परीक्षाएं रद्द किये जाने के निर्णय से उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रत्यक्ष असर पड़ेगा

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए और श्री चौहान अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे

दस मंजिला इस अस्पताल में लगभग सभी रोगों के इलाज की आधूनिक व्यवस्थाएं मुहैया करायी गयी हैं

यहां हृदय किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए विशेष यूनिट स्थापित की गई हैं खेल पुरस्कार प्रदेश के खिलाड़ियों प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में किये गये उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है संचालक खेल एवं युवा कल्याण पवन कुमार जैन ने आज टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय विक्रम एकलव्य विश्वामित्र स्व प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कारों की घोषणा की

रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल ने डीआरएम उदय बोरवनकर ने कहा कि रेलवे ने कोरोना संकट से निपटने को लिए पर्याप्त व्यवस्था की है इसके अलावा यात्री ट्रेनें सामान्य रूप से नहीं चलने के कारण रेलवे ने कई परियोजनाओं को पूरा किया है और यात्रियों की सुविधा के लिए कई व्यवस्था भी की है वे आज वीडियों कॉफेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बात कर रहे थे यात्री ट्रेनों के सामान्य परिचालन के बारे में पूछे गये सवाल पर डीआरएम ने कहा कि यह फैसला मंत्रालय के स्तर पर लिया जायेगा हालांकि कम दूरी की ट्रेनों के बारे में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है

इनमें जौरा मुरैना मेहगांव पोहरी अंबाह डबरा विधानसभा सीटे शामिल हैं एसिड अटैक सीहोर जिले के ग्राम खाईखेड़ा के एक डेयरी फॉर्म में हुए विवाद में दो लोगों ने कुछ लोगों पर एसिड से हमला किया

जिन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है एसिड फेकने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है यह घटना एक डेयरी फॉर्म में दूध में मिलावट को चैकिंग के समय हुए विवाद के बाद हुई मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर जारी है नरसिंहपुर जिले में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले ऊफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ

कटनी में कल रात से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ राहत दल को अलर्ट कर दिया गया है बैतूल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सुखी नदी ऊफान पर होने से आज सुबह से नागपुर भोपाल राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया पन्ना जिले में हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर है

जिससे नदी पर बना पूल ड्बने के कारण जिले का सिवनी और बालाघाट जिले से संपर्क दूट गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के प्रदेश के नरसिंहपुर छिंदवाडत्रा सिवनी बालाघाट होशंगाबाद और बैतूल जिलों में अति भारी और दर्जन भर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के आसार हैं